मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की

प्रदेश लॉकडाउन राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा

मृतकों में इंदौर के चार और भोपाल जबलपुर सागर सतना व खंडवा के एक एक मरीज शामिल हैं

टीकाकरण नीति समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की टीकाकरण नीति और इस पर आगे कदम उठाने के उपायों की समीक्षा बैठक की बैठक में टीका विकसित करने में हो रही प्रगति विनियामक मंजूरी और इसकी खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई श्री मोदी ने जनसंख्या समूहों के प्राथमिकता तय करने स्वाास्थिक सेवा कर्मियों तक पहुंचने शीतगृह आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी तथा टीकाकरण आरंभ करने के लिए टीका लगाने वालों और तकनीकी व्यावस्थान जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की

जन आंदोलन यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक संजय क्मार खरे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

इस वरीयता सूची में भोपाल दूसरे स्थान पर है कल केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के आधार पर देषभर के षहरों को वरीयता सूची जारी की है इस सूची में अहमदाबाद पहले स्थान पर है छठ पर्व चार दिन का छठ प्रजा पर्व आज देश के विभिन्न भागों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो रहा है श्रद्वालू जलाशयों के पास एकत्र होकर सूर्य देवता की प्रार्थना कर रहे हैं

इस साल छठ का त्यौहार कोविड महामारी की स्थिति के बीच मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है इधर प्रदेश में भी छठ पर्व उगते सूर्य का अर्घ्य देकर सम्पन्न हो रहा है इससे पहले कल डूबते सुरज की आराधना की गई सिंगरौली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच व्रतधारियों ने छठ मैया की पूजा की गुना अनूपपुर ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों में परंपरा अनुसार ड्रबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया

पहले दिन इंदौर के चार अलग अलग मैदानों पर खेले गए प्रारंभिक मुकाबलों में इंदौर ग्वालियर जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग ने जीत हासिल की

एक अन्य मैच में नर्मदापुरम संभाग ने उज्जैन को आठ विकेट से शिकस्त दी

इसे अमलोरी खदान में तैनात किया गया है